मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र चायल का किया शुभारम्भ और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश की प्रगति के लिए नवाचार व नई तकनीकें अपनाने पर दिया बल

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये बात कही महेंद्र सिंह ठाकुर आज सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा कि निगमों व बोर्डों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियों की प्रथा कोई नई नहीं है बल्कि यह पहले से चली आ रही है

उन्होंने कहा कि नालागढ़ में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रामा सेंटर में तब्दील किया जाएगा

विधायक बलवीर सिंह के एक सवाल पर सैजल ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में जल्द ही पैट स्कैन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी विधायक आशा कुमारी के अनुपूरक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिलासपुर सोलन हमीरपुर चंबा और नाहन में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन मशीनें स्थापित की जाएंगी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस के जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल कुनिहार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का कोई विचार नहीं है

विधायक पवन नैय्यर मुल्ख राज राम लाल ठाकुर रविंद्र कुमार बलबीर सिंह राजेश ठाकुर और अन्य ने भी अपने अपने सवाल पूछे बजट चर्चा प्रदेश के अगले वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किए गए बजट को जहां विपक्षी सदस्यों ने जमकर कोसा वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका खुले मन से गुणगान किया

उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए यह बहुत ही कम बढ़ोतरी है आशा कुमारी ने कहा कि जीडीपी गिर रही है और देश के साथ साथ हिमाचल में यह माइनस में है और प्रति व्यक्ति आय भी कम हुई है उन्होंने बजट को जनविरोधी करार देते हुए इसकी आलोचना की आशा कुमारी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है उन्होंने जल जीवन मिशन में की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए भाजपा के नरेंद्र बरागटा ने बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बजट सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है उन्होंने कहा कि इस बजट में की गई घोषणाओं से हर वर्ग को लाभ होगा और इसमें कृषि बागवानी उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा समेत कई विषयों पर फोकस किया गया है

बरागटा ने सुझाव दिया कि सेब उत्पादक क्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय खोला जाए और यदि ऐसा संभव नहीं है तो सेटेलाइट केंद्र भी खोला जा सकता है इससे बागवानों को भारी राहत मिलेगी कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने कर्मचारियों के मुद्दों को बजट में स्थान न देने के लिए सरकार की आलोचना की उन्होंने कहा कि कोविड काल में बहुत युवा बेरोजगार हो गए और इनके लिए कोई योजना नहीं है माकपा सदस्य राकेश सिंघा ने बजट दस्तावेज को दिशाहीन और भ्रमित करने वाला बताया उन्होंने कहा कि बजट दस्तावेज में राजस्व बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जब तक आय के नए संसाधन नहीं जुटाएगी तब तक वह प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती सिंघा ने सरकार की कोरोना से लड़ने की रणनीति को भी गलत ठहराया और कहा कि इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिकी तबाह हो गई है विधायक बलवीर सिंह मोहन लाल ब्राक्टा बिक्रम जरियाल इन्द्र दत्त लखनपाल जेआर कटवाल लखविन्द्र राणा और रीना कश्यप ने भी चर्चा में भाग लिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सोलन जिला के चायल में जन औषधि केंद्र का आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्भारंभ किया मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के लोगों को सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां सर्जिकल और अन्य मेडिकल उपचार संबंधी सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य पर दवाईयां व उपकरण मिलने से विशेषकर गरीबों और समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को बड़ी राहत मिली है

इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की जयराम ठाकुर ने प्रदेश में वन स्वीकृतियों से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री के साथ प्रदेश के विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की अमित शाह ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश की प्रगति के लिए नवाचार और नई तकनीकें अपनाने पर बल दिया है तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को आधुनिक तकनीक के साथ रचनात्मक आधार पर काम करना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाकर युवा रोज़गार प्रदाता बन सकते हैं

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी विचार व्यक्त किए महंगाई भता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पैंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया तीन किस्तें इस वर्ष पहली जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जायेंगी

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जायेंगी

प्रगतिशील किसान शिमला ग्रामीण क्षेत्र की घैणी पंचायत के प्रगतिशील किसान खेमचंद कश्यप अपने खेतों में कृषि की नवीन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेमचंद कश्यप ने बागवानी में कार्य शुरू किया है जिसके तहत उन्होंने स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है

यह अवार्ड पाने वाले वे पहले एकमात्र हिमाचली हैं